कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का आरोप केन्द्र सरकार ने प्रदेश के लोगों से किए वायदे नहीं किए पूरे स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव के लिए निर्वाचन विभाग के पुख्ता प्रबंध पोलिंग पार्टियां अपने अपने गतंव्यों के लिए रवाना

इस दौरान कोई भी लाउडस्पीकर व जनसभाओं के माध्यम से प्रचार नहीं किया जा सकेगा प्रचार के अंतिम दिन कांग्रेस व भाजपा के अलावा अन्य पार्टी प्रत्याशियों व स्टार प्रचारकों ने खूब ताकत झोंकी जयराम वरिष्ठ भाजपा नेता व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज चम्बा के भरमौर कांगड़ा के रानीताल और सोलन के अर्की में तीन जनसभाएं कर पार्टी प्रत्याशियों के लिए लोगों का सहयोग मांगा इस दौरान उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने विभिन्न कल्याणकारी योजनाए शुरू कर हर वर्ग को लाभ पहंचाया है

मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र की मोदी सरकार ने उड़ी व पुलवामा आतंकी हमलों के बाद सर्जिकल और एयर स्ट्राईक कर आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब दिया उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने साफ संदेश दिया कि भारत की एकता और अखण्डता पर आंख उठाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने से गुरेज नहीं करेंगे

तीरथ सिंह रावत ने कहा कि केरल और उड़ीसा में भी पार्टी की सीटें बढ़ेंगी और हिमाचल में सभी चारों सीटें भाजपा जीतेगी

भाजपा नेता ने कहा कि मोदी सरकार ने हर वर्ग के हित में कार्य किया है गुलाम नबी राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी का ध्येय सत्ता हासिल करना नहीं देश के लोगों को एक प्रजातांत्रिक सरकार देना है

गुलाम नबी आजाद ने दावा किया कि केन्द्र में कांग्रेस गठबंधन की सरकार सत्ता में आएगी इस मौके कांग्रेस के स्टार प्रचारक आचार्य प्रमोद कृष्णम ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने झूठ बोलकर जनता को भ्रमित किया है शांताकुमार वरिष्ठ भाजपा नेता शांता कुमार ने लोकसभा चुनाव में विपक्ष के मुद्दाविहिन होने को लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बताया इंदौरा के सूरजपुर में उन्होंने कहा कि इस देश को दो साल तक अंग्रेजों ने लूटा और बाद में नेहरू के कार्यकाल को छोड़ कांग्रेस ने भी देश के खजाने को लूटने का ही काम किया उन्होंने क्षेत्र की जनता से अपने विवेक के आधार पर मतदान करने की अपील करते हुए कहा कि भाजपा को बहमत मिलने पर देश का प्रधानमंत्री तय है जबकि विपक्षी गठबंधन प्रधानमंत्री पद के लिए अपने दावेदार का नाम अभी तक भी पेश नहीं कर पाया है काजल कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी पवन काजल ने कांगड़ा के रानीताल तकीपुर और पुराना कांगड़ा में नुक्कड़ सभाओं को संबोधित किया उन्होंने कहा कि वह चुनाव मैदान में बेरोजगारों को रोजगार और किसानों व गरीबों को उनका हक दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं जबकि भाजपा प्रत्याशी जनसमस्याओं को दरकिनार कर प्रधानमंत्री के नाम पर वोट मांग रहे हैं इस दौरान प्रदेश स्कूल प्रवक्ता संघ के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष कल्याण भंडारी ने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा पवन काजल ने पार्टी में उनका स्वागत करते हुए उन्हें अहम जिम्मेदारी सौंपने का आश्वासन दिया राहुल गांधी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने केन्द्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर प्रदेश के लोगों से किए वायदे पूरे न करने के आरोप लगाए

उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सत्ता में आने पर किसानों व बागवानों का विशेष ध्यान रखा जाएगा राहुल गांधी ने कहा कि केन्द्र सरकार के जीएसटी और नोटबंदी जैसे निर्णयों से आम लोगों को काफी नुकसान उठाना पड़ा है

उन्होंने लोगों से शिमला संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी धनीराम शांडिल के लिए समर्थन देने का आग्रह किया इस दौरान कांग्रेस के स्टार प्रचारक व पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि पार्टी अब जागरूक व एकजुट होकर काम कर रही है

पोलिंग पार्टियां प्रदेश में अंतिम चरण में हो रहे लोकसभा चुनाव को सफलतापूर्वक करवाने के लिए निर्वाचन विभाग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और पोलिंग पार्टियां अपने अपने स्टेशनों के लिए रवाना हो गई हैं

कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के तहत बड़ा भंगाल पोलिंग बूथ के लिए मतदान दल आज चम्बा के होली से रवाना हुआ जो कल अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचेगा अग्निहोत्री कांग्रेस नेता मुकेश अग्निहोत्री ने ऊना के हरोली में पार्टी प्रत्याशी रामलाल ठाक्र के पक्ष में आज एक जनसभा को संबोधित किया उन्होंने कहा कि कांग्रेस का एक मात्र एंजेडा विकास का रहा है और आज भी विकास के लिए ही कार्य कर रहे हैं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किया कि उन्होंने गंगा गांव गरीब राम मंदिर और समान नागरिक संहिता के लिए क्या किया

इस दौरान उन्होंने नुक्कड़ जनसभाओं को सम्बोधित करते हुए कहा कि चुनाव में जहां भाजपा राष्ट्रवाद के लिए चुनावी दंगल में उतरी है वहीं ट्कड़े ट्कड़े गैंग गठबंधन बनाकर चुनाव मैदान में है मौसम आज प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश व ओलावृष्टि जबकि उंचाई वाले क्षेत्रों मे हल्की बर्फबारी हुई राजधानी शिमला के साथ लगते छोटा शिमला क्षेत्र में भारी ओलावृष्टि से शिमला कुफरी मार्ग यातायात के लिए अवरूद्व रहा जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा मौसम में हुई इस तबदीली से मत प्रतिशतता बढ़ाने के चुनाव आयोग के संकल्प पर भी असर पड़ सकता है